सोलन जिले के नालागढ़ में आज तीन दिवसीय रैडक्रॉस मेले के शुभारम्भ अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त जैसे सामाजिक अभियानों को भी रैडक्रॉस से जोड़ा जाना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि समाज के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का ये कर्त्तव्य है कि वो अपने आप को रैडक्रॉस गतिविधियों से जोड़े बंडारू दत्तात्रेय ने कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि लिंगानुपात में सुधार लाना समय की मांग है इससे पहले राज्यपाल ने एंटी ड्रग रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और नालागढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई उन्होंने नागरिक अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए और सामाजिक संगठनों द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर का शुभारम्भ भी किया मॉडल स्कूल इस बीच प्रदेश रैडक्रॉस सोसायटी की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने सोसायटी के सभी सदस्यों से अपने क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल को गोद लेकर उसे मॉडल स्कूल बनाने में सहयोग करने का आहवान किया है शिमला में आज रैडक्रॉस की एक बैठक में उन्होंने कहा कि स्कूलों में गरीब बच्चों की पहचान कर रैडक्रॉस के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए

चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन है और भाजपा व कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहां व नारग में दो चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित किया

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है और भाजपा सरकार ने राज्य का संतुलित विकास किया है जयराम ठाकुर ने मतदाताओं से पार्टी प्रत्याशी रीना कश्यप के पक्ष में मतदान करने की अपील की दूसरी ओर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राजगढ़ क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी गंगूराम मुसाफिर के पक्ष में चुनाव प्रचार किया उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर इतिहास रचेगी अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सिरमौर जिले की अनदेखी की है और यहां विकास कार्य ठप्प पड़े हैं उधर धर्मशाला क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है और भाजपा प्रत्याशी विशाल नेहरिया और कांग्रेस उम्मीदवार विजय इन्द्र करण घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि धर्मशाला व पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा जीत दर्ज करेगी उन्होंने कहा कि जनता पार्टी की नीतियों से खुश है और बागी उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा सोलन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और उसका आक्रोश भी अपनों से ही है एनसीईआरटी प्रदेश में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा की शुरूआत कर दी है इस संबंध में शिमला में आज अध्यापकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और इसके तहत तीन सौ अध्यापकों को स्टेट रिसोर्स ग्रुप के रूप में तैयार किया जाएगा

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अध्यापकों को शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाली विघाओं के बारे में जानकारी देना है ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके

इन सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जाएगा इनमें गुम्मा खारसा और गलू भटवाड़ सड़क शामिल है रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मण्डी संसदीय क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में करीब एक हज़ार करोड़ रूपए की सड़क परियोजनाएं मंजूर की गई हैं डाक प्रदर्शनी शिमला डाक मण्डल द्वारा शिमला के गेयटी थियेटर में दो दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी लगाई गई है डाक सेवाएं निदेशक दिनेश मिस्त्री ने आज इसका शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों और बच्चों को डाक टिकट के इतिहास व इसके महत्व के बारे में जानकारी देना है लोगों में डाक टिकट प्रदर्शनी को देखने के लिए खासा उत्साह नजर आ रहा है मैराथन आपदा प्रबंधन जागरूकता को लेकर चम्बा में आज हॉफ मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने भाग लिया उपायुक्त विवेक भाटिया ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया